इस दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है झालावाड़ जिले में कोरोना संकमितों को होम क्वारेंटीन कर उनके स्वास्थ्य की मॉनीटरिंग की जा रही है सवाई माधोपुर जिले में लोगों से कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए समझाइश के साथ ही सख्ती बरती जा रही है इस दौरान मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे जा रहे हैं

जालौर जिले में प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और एक कला संस्थान द्वारा लोगों को लोक गीतों के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा रहा है जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग के अध्यक्ष डॉ अखिलेश जैन ने लोगों से कोरोना के बेढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भीड़भाड़ से बचने मास्क लगाने और आगामी त्यौहारों को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है

राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा

किसानों की सुविधा के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों और केन्द्र तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर खरीद केन्द्र खोले गए है

आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है

विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोम का असर समाप्त हो जाएगा है

वहीं मौसम में आए बदलाव के बाद अधिकांश जिलों में तापमान में कमी आई है